प्रदेश में रीट परीक्षा के संबंध में हए कई अहम फैसले स्कूलों की पोशाक में बदलाव के भी निर्देश

निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी पैन पेंसिलें पानी की बोतलों का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा साथ ही कोविड के लक्षणों वाले लोगों की स्कूल में आने पर मनाही होगी छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी और इसके लिए शिक्षक तथा छात्रों के बीच समय समय पर संवाद किया जाएगा

शिक्षकों और छात्रों को मास्क भी पहनने होंगे स्कूल परिसर के अंदर के कैफेटेरिया या मैस बंद रहेंगे

स्कूलों में फेस कवर मास्क और सेनेटाइजर का पर्याप्त इंतजाम रखा जाएगा जिन स्कूलों का क्वेरेटीन सेंटरों के रूप में इस्तेमाल किया गया है उन्हें सही तरह से सेनेटाइज किया जाएगा और उनकी पूरी तरह से सफाई की जाएगी

केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित गरीब रेहडी पटरीवालों की आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए इस साल एक जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरूआत की थी श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि स्वनिधि संवाद को लेकर वे बेहद उत्सुक हैं

उन्होंने कहा कि भारत में स्वस्थ होने की दर का बढना और मृत्यु दर का कम होना संतोष का विषय है

उन्होंने कहा कि लक्षणों के दिखाई देने पर भी परीक्षण न कराना उस व्यक्ति और समूची प्रणाली के लिए खतरनाक है

सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं यह जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी चिकित्सा विभाग ने कोरोना वायरस संकमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इनके उपचार के लिए जयपुर के ईएसआई मॉडल अस्पताल को भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया है यहां उपचार पा रहे स्त्री और प्रसूति रोग से संबंधित सभी मरीजों को जनाना अस्पताल और अन्य बीमारी के मरीजों को सवाई मानसिंह अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा

इस दौरान वे सिर्फ सुशासन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लेंगे मुख्यमंत्री ने यह निर्णय कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है

साथ ही वाणिज्य के विद्यार्थी भी रीट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे

बैठक में कम्प्यूटर शिक्षकों का अलग से कैडर बनाए जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए वहीं बैठक में प्रबोधक पद को वरिष्ठ प्रबोधक में पदोन्नत किए जाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए शिक्षामंत्री ने शिक्षक स्थानान्तरण नीति को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में नियम प्रक्रिया के तहत कार्यवाही कर उसे कैबिनेट में रखे जाने के संबंध में कार्यवाही करने के लिए भी अधिकारियों को कहा वहीं बैठक में श्री डोटासरा ने राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की पोशाक में परिवर्तन करने के संबध में भी त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में यह देश के बेहतरीन विद्यालय बन सके

माइन्स और पेट्रोलियम के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इस नीति में शहरों में पाइपलाईन के माध्यम से घरेलू गैस का वितरण उद्योगों के लिए गैस की आपूर्ति सीएनजी स्टेशनों की आवश्यकतानुसार स्थापना और सीएनजी वाहनों के लिए गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने में परस्पर सहयोग पर जोर दिया जाएगा

इसके साथ ही न्यायालय ने दस हजार रूपए के जुर्माने से भी दण्डित किया है